प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में समी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये जारी किये थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है

प्रधानमंत्री शिक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे समेत देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हारचक्कियां में वन विभाग व किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही

सरवीण चौधरी ने कहा कि जलवायु संतुलन में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है और वनों को संरक्षित करना सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है वीरेन्द्र कंवर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विमाग अपने सभी कार्यालयों में डिस्पले बोर्ड दर्शाएगा ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में कहा कि इन योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए विभाग एक डायनामिक वैबसाइट भी तैयार करेगा उन्होंने अधिकारियों को कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्राकृतिक खेती के मॉडल बनाकर किसानों के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए कृषि मंत्री ने जायका और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत्त है जनसंवाद प्रदेश की जनता की आशाओं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम सोशल मीडिया रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से माह में एक बार प्रसारित होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिक मुख्यमंत्री तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं कार्यक्रम का प्रसारण हिमाचल प्रदेश सूचना व जनसम्पर्क विभाग और हिमाचल माई गॉव द्वारा किया जाएगा

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार कांगड़ा में ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर शिमला शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ऊना तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारंकडा केलंग और ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर बिलासपुर में ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर मंडी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल सिरमौर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी किन्नौर वन मंत्री राकेश पठानिया चंबा जबकि खाद्य नागरिक आपूर्ति मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग हमीरपुर में ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे राजन सुशांत पूर्व भाजपा सांसद राजन सुंशात ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द बहाल करने की मांग की है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और जनता व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही सरकारें विफल रही हैं

उन्होंने कहा कि अगर सरकार पुरानी पैंशन स्कीम को बहाल नहीं करेगी तो वे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन भी करेंगे